वे आज कल्लू के शाढ़ाबाई में कृषि विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे

समिति प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति आज से पांच जिलों शिमला किन्नौर लाहौल स्पिति कुल्लू व मंडी के प्रवास पर है सभापति रमेश धवाला की अध्यक्षता में ये समिति इन जिलों में पिछले तीन वर्षों में हर विभाग द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं कार्यों और बजट प्रावधान पर विचार विमर्श करेगी समिति विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी करेगी

धर्मशाला से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस अवधि में अवैध निर्माण को नहीं गिराया गया तो बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिए जाएंगे नगर निगम आयुक्त संदीप कदम ने बताया कि इस संदर्भ में नियमों को पूरा न करने वाले होटल संचालकों को नोटिस दिए गए हैं और इनकी छानबीन के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी

करीब पांच सौ करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक सुबोध डाकवाले ने शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल में शुरू होने वाली अपनी तरह की ये पहली परियोजना पूरी तरह पर्यावरण मित्र होगी

सुबोध डाकवाले ने बताया कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और स्वच्छ भारत ॅअभियान को बढ़ावा देने में इंडियन ऑयल अपना योगदान दे रहा है फिल्म पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी प्रस्कार समारोह में हिन्दी फिल्म तृम्हारी सुल्लू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है नायिका विद्या बालन ने इसमें ऐसी गृहणी की भूमिका अदा की है जिसे रेडिया जॉकी का काम मिल जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को फिल्म हिन्दी मीडियम में दिल्ली के अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराने की कोशिश कर रहे पिता के अभिनय के लिए दिया गया है श्रीदेवी को मॉम फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया

ये अवार्ड उन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वास्थ्य व सुंदरता में सराहनीय कार्य करने के लिए दिया गया है राम शर्मा आयुर्वेद के कई उत्पादों का व्यापार करते हैं और देशभर में इसके माध्यम से लाखों लोगों को स्वस्थ जीवन दिया है इससे पहले उन्हें अंतर्राष्ट्रीय युवा व्यवसायी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है रैली छठी राष्ट्रीय ड्यू बॉल प्रतियोगिता आज ऊना में शुरू हुई

इससे पहले इन खिलाड़ियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत जन जागरूकता लाने के लिए ऊना में रैली निकाली जिसे उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने जागरूकता रैली के माध्यम से सभी वर्गों से कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई से दूर रहकर बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का आहवान किया